उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार मांगी गई जानकारी दे सकते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित कई भाजपा नेता इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में जूटे हैं मुख्यमंत्री ने कल विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं में कहा कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में केन्द्र सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवा रही है ताकि वे देश के विकास में भागीदार बन सके जयराम ठाकुर आज भी कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं करेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने हरियाणा के सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट हिमाचल की सांस्कृतिक संध्या का कल शुभारम्भ किया इस अवसर पर हिमाचल के अलग अलग जिलों की विविधता वाली संस्कृति को मनमोहक नृत्य नाटिका के जरिए प्रस्तुत किया गया

मछली पालन प्रदेश के जलाश्यों में मछली के बिक्री मूल्य ई टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सभी सभाओं में एक समान होंगे ताकि मछुआरों को लाभ मिल सके विभाग के एक प्रवक्ता ने कल शिमला में बताया कि ई टेंडर प्रक्रिया के बाद भी सभाओं की कार्यप्रणाली व मछली पकड़ने की प्रक्रिया यथावत रहेगी जिससे मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है और ध्रप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है हालांकि जनजातीय इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है जिससे इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है और पानी की पाईपें जमने से लोगों को पेयजल का समस्या का सामना करना पड़ रहा है

और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण का शीर्षक है फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले आठ कांस्टेबल गिरफ्तार पंजाब केसरी के शब्द हैं पालमपुर तथा भवारना पुलिस थाना के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियां

शिक्षकों के तबादलों पर पंजाब केसरी की सुर्खी है ऑनलाइन होंगे शिक्षकों के तबादले जल्द आएगी नई ट्रांसफर पॉलिसी अमर उजाला का कहना है मंत्रियों विधायकों के डीओ पर शिक्षकों के तबादले नहीं हिमाचल दस्तक के अनुसार अब कैबिनेट में जाएगी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी

गगरेट के कार्यकारी थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है पुलिस की लापरवाही से अंबोटा में बाइक सवार की मौत पर एसपी ऊना ने लिया कड़ा संज्ञान हिमाचल दस्तक की एक खबर है मार्केटिंग बोर्ड एक्ट पर मंत्री का अपना ही विभाग बागी मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है पहाड़ों पर कल हो सकता है हिमपात मैदानी इलाकों में खिली रहेगी धूप आपका फैसला का कहना है केलांग में ठंड ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा पेयजल किल्लत का सामना कर रहे लोग